उन्होंने कहा कि बुजुर्गो गर्मवती महिलाओं बच्चों बीमार और कमजोर व्यक्तियों की चिकित्सीय जांच का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड नमूनों की जांच क्षमता में लगातार दृद्वि करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि रैपिड एन्टीजन विधि से परीक्षण की संख्या एक लाख प्रतिदिन आर टीपी सीआर विधि से चालीस से पैंतालीस हजार प्रतिदिन और टूनैट मशीन से दो हजार पांच सौ से तीन हजार टेस्ट प्रतिदिन की जाए मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था के साथ साथ अड़तालीस घंटे का ऑक्सीजन बैकअप रखने के भी निर्देश दिए

इसी के साथ उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के बाद सर्वाधिक टेस्ट करने वाला दूसरा राज्य बन गया है प्रदेश में कल इक्यानबे हजार आठ सौ तीस नमूनों की जांच की गयी एक दिन पूर्व ही राज्य ने एक दिन में एक लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण करने की उपलब्धि हासिल की थी अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लखनऊ में मीडिया को इस सम्बंध में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में अगले माह कोविड नमूनों की जांच की नई इकाइयां प्रारम्भ होंगी जिसके बाद राज्य में कोविड की जांच क्षमता में और बढ़ोत्तरी हो जाएगी उन्होंने कहा कि प्रदेश जल्द ही औसत जांच करने में प्रथम स्थान पर होगा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे उन्होंने पांच अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया श्री मौर्य ने श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों से पांच अगस्त को होने वाले कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशानिर्देश दिए उप मुख्यमंत्री न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास से भी मिले और उन्हें मंदिर निर्माण में सहयोग हेतु छः लाख छः हजार रूपए के चेक भेंट किए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि समय से और अत्यधिक सक्रिय उपायों से देश में कोविड नाइन्टीन महामारी को फैलने से रोकने में मदद मिली है उन्होंने कहा कि कोरोना से मृत्यू दर घटकर दो दशमलव दो पांच प्रतिशत रह गई है और ज्यादातर रोगी ऐसे हैं जिनमें कोविड के लक्षण नही हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आज दूसरे समानुभूति ई सम्मेलन में डॉ हर्षवर्घन ने कहा कि मधुमेह मोटापा लीवर बढ़ने और जीर्ण गुर्दा रोगों से पीडित लोगों में कोरोन संक्रमण और मृत्यू के अधिक जोखिम के बारे में जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है

यह मौजूदा संकट की घड़ी में बहुत महत्वपूर्ण है जन जागरूकता और सामुदायिक एकता पर बल देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हेपेटाइटिस वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है इस ई सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला तथा केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल हुए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर देश में बाघों की अनुमानित संख्या पर अखिल भारतीय रिपोर्ट दो हजार अट्ठारह जारी की इस अवसर पर उन्होंने बाघों के बारे में पोस्टर भी जारी किया नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में बाघों की कुल संख्या में से करीब सत्तर प्रतिशत भारत में हैं उन्होंने कहा कि बाघ कुदरत के अनमोल नगीने हैं और वनों में इनकी मौजूदगी अच्छी स्थिति का संकेत देती है श्री जावडेकर ने कहा कि बाघों के अलावा भारत के जंगलों में तीस हजार हाथी तीन हजार एक सींग वाले गैंडे और पांच सौ से अधिक शेर भी पाए जाते हैं भारत में प्रकृति से समन्वय के साथ सहअस्तित्व की संस्कृति का जिक्र करते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद देश में दुनिया की करीब आठ प्रतिशत जैव विविधता संरक्षित है उन्होंने यह भी कहा कि पेडों की पूजा जैसे रीति रिवाज प्रकृति के साथ हमारे अनोखे तालमेल को दर्शाते हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए अपराधियों को सजा दिलाएगी उन्होंने मृतक बच्चे के परिवार को पांच लाख रूपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की रविवार को चौदह वर्ष के इस लड़के का अपहरण कर लिया गया था गोरखपुर में एक नहर के निकट कल उसका शव मिला पुलिस ने अपहरण के चौबीस घंटों के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ लिया

इससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली है लेकिन कई स्थानों पर जलभराव होने से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है बलरामपुर प्रतापगढ़ कन्नौज मऊ बलिया और आजमगढ़ समेत आसपास के क्षेत्रों में भी आज वर्षा होने के समाचार हैं मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी भाग के अधिकांश स्थानों पर अगले दो दिनों के दौरान मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान जताया है